मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को अन्य लाभ भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है दस लाख आशा वर्कस को उनका जो मानधन था उसमें दुगुनी वृद्धि की एक हजार से दो हजार रुपये किये उनको अन्य सुविधाएं देने का भी निर्णय हुआ है और लगभग पांच लाख गांवों में जन आरोग्य योजनाओं की कमेटियां बनी वेलनेस सेंटर इक्कीस हजार बने हैं चालीस हजार इस साल में बनेंगे सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पांच प्रतिशत मंहगाई भत्ते की भी घोषणा की है यह इस वर्ष जुलाई से देय होगा इसका लाभ केन्द्र सरकार के पचास लाख कर्मचारियों और पैंसठ लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभार्थियों को धनराशि जारी किए जाने के बारे में आधार संबंधी विवरण की अनिवार्यता में भी छूट दी है यह रियायत इस वर्ष तीस नवम्बर तक के लिए होगी सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए विस्थापित कश्मीरी परिवारों के लिए राहत पैकेज की भी मंजूरी दी है

केन्द्र सरकार ने रेडियो और टेलीविजन क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते का भी अनुमोदन किया है इन समझौतों से लोक प्रसारक को नई प्रौद्योगिकी चुनौतियों और कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग चेन्नई में दूसरी भारत चीन अनौपचारिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए कल दो दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं उनके और प्रधानमंत्री श्री मोदी के बीच यह दूसरी बैठक कल शुक्रवार को तमिलनाडु में होगी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के साथ साथ भारत चीन विकास साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने पर भी विचार विमर्श करेंगे इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सर्वोच्च स्तर पर संपर्क कायम कर सामरिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करना और ट्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करना है सरकारी सूत्रों ने बताया है कि संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को लेकर भारत की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है कि यह भारत की संप्रभुता से जुड़ा फैसला है और भारत की ओर से इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी सूत्रों ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की चीन यात्रा का शी चिनफिंग की भारत यात्रा से कोई संबंध नहीं है प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल अपने तीन दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंची है अपने दौरे के दूसरे दिन आज राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा किला और सिकंदरा मकबरे का दीदार किया राज्यपाल कल डॉ बी आर आम्बेडकर विश्वविद्यालय के पचासीये दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेगी उनके साथ उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे जीवन बीमा निगम एलआईसी ने सोशल मीडिया के दावो का खंडन करते हुए अपने पॅलिसी धारकों को उनका धन सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया है एलआईसी के भारी घाटे में चलने की खबरों के बाद यह स्पष्टीकरण आया है एलआईसी ने एक बयान में कहा कि ये खबरें गलत और बेबुनियाद हैं तथा निगम की छवि बिगाड़ने और निवेशकों में भय पैदा करने के उद्देश्य से फैलायी जा रही हैं निवेशकों को आश्वस्त करते हुए निगम ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में पर्यटकों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध आज हटा लिया गया है यह प्रतिबंध दो अगस्त से लगाया गया था यह कदम इस सप्ताह के शुरू में राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निर्णय के बाद उठाया गया है प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर घाटी घूमने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुवांशु त्रिवेदी को कल राज्यसभा के लिये निर्वाचित घोषित कर दिया गया श्री त्रिवेदी ने चार अक्तूबर को इस सीट के लिए नामांकन दाखिल किया था नाम वापसी का कल अंतिम दिन था श्री त्रिवेदी का कार्यकाल दो अप्रैल दो हजार चौबीस तक है कुशीनगर जिले के फाजिलनगर क्षेत्र के बद्रांव निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लहरी प्रसाद शाही का कल निधन हो गया वे तिरान्नबे वर्ष के थे कल राजकीय सम्मान के साथ उनके गाँव में उनका अंतिम संस्कार किया गया वे प्राथमिक रिक्षा के बाद आजादी की लड़ाई में कूद पड़े